विदेश मंत्री स्ष्मा स्वराज ने कहा है कि संय्क्त राष्ट्र प्रतिबंध समिति में मसूल को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कराने के प्रस्ताव पर भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अभूपूर्व समर्थन मिला है

मंत्री ने कहा कि संयक्त राष्ट्र में अज़हर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने का प्रस्ताव चार बार रखा गया गौरतलब है कि क्छ दिन पूर्व मसूद अज़हर के वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की प्रक्रिया पर चीन ने तकनीकी होल्ड लगा दिया है और भारत ने मोहम्द मसूद अज़हर अल्वी के अंतर्राष्ट्रीय आंतकवादी घोषित न होने पर निराशा व्यक्त की है भारत ने कहा कि भारत अपने नागरिकों पर हमला करने वाले आतंकियों को सज़ा दिलाने का हर संभव प्रयास करेगा

सीबीआई ने ये कहा कि अगर सज्जन क्मार क्मार को जमानत दी गई तो चल रहे म्कदमों में न्याय हो पाना संभव नहीं हैं

गौरतलब है कि सर्वोचच न्यायालय ने जनवरी मे सीबीआई को नोटिस जारी कर सज्जन क्मार की पै सला विरोधी याचिका और जमानत याचिका पर चार हफ्तों के भीतर एजेंटी का जवाब मांगा था

इस सममेलन में बहाद्री के विभिन्न प्रस्कारों प्राप्त करने वाले सैनिकों और द्निया छोड़ च्के सम्मानित सैनिकों के रिश्तेदार शामिल हये इस सम्मेलन में सम्मानित सैनिकों के रिशतेदार और बच्चों का अभिनंदन किया गया इसके अलावा जिन सुसज्जित सैनिकों के परिवारों का अभिन्दंन किया गया उनमे विक्टोरिया क्रास अवार्ड पाने वाले स्व स्बेदार नदं सिंह एक पंजाब के स्व स्बेदार राम सरूप सिंह और कैवेलरी के स्व बदलू राम के परिवार परम वीर चक्र प्राप्त गार्डनियर स्वर्गीय करनल होशियार सिंह और सिख्ख रेजीमेंट के सुबेदार स्वगीर्य जोगिन्द्र सिंह के परिवार शामिल है सम्मेलन को पश्चिमी कमान के ची आ स्टा लै जनरल पी एन बाली ने सम्बोधित किया उनहोंने कहा कि सेवा कर रहे सैनिकों मात्र भूमि के लिये प्राण न्यौछावर करने वाले इन वीरों के जीवन से प्रेरणा लेते है

कार्यशाला मे प्रेस कौसिल आ इंडिया के सदस्य वरष्ठि पत्रकार बलबिंदंर जम्मू भी शामिल हये

इस कार्यशाला मे क्छ अन्य अदारों के पत्रकारों ने भी हिस्सा लिया

कांग्रेस के पूर्व सांसद अरविंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए है हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें भाजपा में शामिल कराया

अरिवंद शर्मा करनाल और सोनीपत लोकसभा सीटों से सांसद रह च्के हैं

म्ख्य न्यायधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील अश्विनी क्मार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका को सूचिबदव किया

याचिका मे कहा गया कि विधायकों दवारा किये जाने वाले कार्य लोकतंत्र के लिये महत्वपूर्ण है और उन्हें निगम पार्षदों और ग्राम प्रधानों से निम्न मानकों पर रखना उचित नहीं है आज विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस है उपभोक्ता के संरक्षण और आवश्यकताओं के बारे में वैश्विक जागरूकता पैदा करने के लिये ये दिन मनाया जाता है

इस वर्ष इस दिवस का विषय है भरोसेमंद क्शल वस्त्यें ये विषय उपभोकताओं के लिये डिजीटल वस्त्ओं और सेवाओं के बारे में जानकारी की महत्व को उजागर करता है उपभोक्ता संरक्षण का मतलब है कि हर उपभोक्ता को विभिन्न वस्त्रों पदार्थो और सेवाओं की गुणवता मात्रा शुद्वता दाम और मान दंड के बारे में जानने का पूरा अधिकार है पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ए बी चर्त्बेदी व न्यायमूर्ति अन्पिंदर गरेवाल की खंडपीठ ने पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत द्वारा ग्रमीत राम रहीम को राम चन्द्र छत्रपति हत्या मामले मे सुनाई गई सजा में लगाये गये जुर्माने पर पि लहाल रोक लगा दी है हमारी संवाददाता सुमन शर्मा ने बताया है कि अधिवक्ता जे एस मेहन्दीरता ने उच्च न्यायालय में उम्र कैदा की सज़ा व ज़र्माने को च्नौती देते हये याचिका दायर की है

उच्चतर शिक्षा विभाग ने सरकारी कालेजों में सेवारत श्रेणी सी व डी के सभी गैर शैक्षणिक कर्मचारियों का डाटा एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिये है विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि विभाग के निदेशक ने सभी सरकारी कालेजों के प्रधानाचार्यो को कहा है कि कि श्रेणी सी व डी के सभी गैर शैक्षणिक कर्मचारियों का एमआईएस पोर्टल पर पंजीकरण स्निश्चित करें उन्होंने बताया कि एमआईएस पोर्टल पर कालेज के लॉग इन अकाऊंट में इन कर्मचारियों के पंजीकरण के लिए लिंक दिया गया है